इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जलशक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारम्भ करेंगे यह अभियान देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक साथ कैच द रेनः जहां भी जब भी संभव हो वर्षा का जल संग्रह करें शीर्षक के साथ चलाया जाएगा

इसका उद्देश्य वर्षाजल के समुचित संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्बंधित हितधारकों को सक्रिय करना है ताकि वे अपने अपने क्षेत्रों के मौसम और भूगर्भीय संरचना के हिसाब से वर्षा जल संरक्षण के लिए आवश्यक निर्माण कार्य कर सकें इधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी जिले के कुशाह में राज्य स्तरीय विश्व जल दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे कोरोना निर्देश राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना संकमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं

समारोह में खाना बनाने व बांटने वालों को कोविड टैस्ट जरूरी कर दिया गया है सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर गंभीरता से कार्रवाई करने को कहा है और नो मास्क नो सर्विस का नियम लागू कर दिया है

मौसम प्रदेश में मौसम ने आज करवट ली है और उंचाई वाले इलाकों में रूक रूक कर बर्फबारी जबकि निचले क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो रही है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति सहित कुल्लू व चंबा जिलों की उंचाई चोटियों पर हिमपात जबकि अन्य भागों में बारिश हो रही है राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में कल रात से बारिश का कम रूक रूक कर जारी है मौसम विभाग ने आज व कल अधिक उंचाई वाले इलाकों में हिमापत की संभावना जताई है जबकि मध्यवर्ती व निचले मैदानी क्षेत्रों में गरज के साथ वर्षा व ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है एक नज़र अख़बारों की सुर्खियां पर कोरोना संकमण के मामले बढ़ने पर प्रदेश सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन से जुड़ी खबर को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है बिना मास्क अब न बस में सफर न मंदिर में एंट्री न इलाज होगा जबकि दैनिक भास्कर लिखता है हिमाचल में आज से नो मास्क नो सर्विस दैनिक जागरण का कहना है कल से प्रदेश में सभी मेलों पर रोक

अजीत समाचार लिखता है कांग्रेस ने चार नगर निगमों के लिए घोषित किए उम्मीदवार